इसे स्थाई आजीविका और जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन प्रशिक्षण का नाम दिया गया है

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर और मंडला जिले में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है ये प्रोजेक्ट केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक की साझेदारी से चलाया जा रहा है हेलमेट प्रदेश में अब दोपहिया वाहन बेचते समय वाहन डीलरों को ग्राहकों को दो हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे यानी हर ग्राहक को दो हेलमेट खरीदने होंगे यदि ग्राहक के पास पहले से ही हेलमेट है तो उसे इसका बिल जमा करना होगा डीलरों को दोनों हेलमेट की रसीद संबंधित आरटीओ में भी जमा करनी होगी इसी आधार पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने ये निर्देश जारी किए हैं परिवहन आयुक्त डॉ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहिया वाहन चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेशभर के वाहन डीलरों को फिर से निर्देश दिए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब्ध कराएं आरटीओ को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न करें शहीद अंत्येष्टि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए देवास जिले के कुलाला के सीआरपीएफ जवान संदीप यादव का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया मुखाग्नि उनके पुत्र ने दी इस मौके पर देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सांसद महेन्द्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इससे पहले शहीद की पार्थिव देह को कल रात भोपाल लाया गया जहां विमानतल पर मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गौरतलब है कि बुधवार को हए आतंकी हमले में श्री यादव शहीद हो गये थे मोदी सम्मान निधि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना को समयबद्द तरीके से लागू करने का अनुरोध किया है ताकि सभी योग्य किसानों को इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि की राशि सभी योग्य किसानों के बैंक खातों में सीधी डाली जा सके श्री तोमर ने कल सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए पीएम किसान लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया उन्होंने पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि समय पर किसानों के खाते में राशि डाली जा सके

मौसम गुजरात में चकवाती तूफान वायु का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है इसके चलते मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं राजधानी में आज हल्के बादलों की मौजूदगी से गर्मी से राहत है प्रदेश के ग्वालियर शिवपुरी और श्योपुर सहित कई स्थानों पर तेज बौछारों से कल गर्मी से कुछ राहत मिली डिण्डोरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया वहीं विदिशा में भी कल गरज चमक के साथ बारिश हुई जबलपुर कटनी मुरैना नीमच में भी बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली

वहीं होशंगाबाद बैतूल दमोह मण्डला और रायसेन जिलों में तेज लू चलने तथा ग्वालियर चंबल संभाग सहित नौ शहरों मे धूलभरी आंधी और बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है

इस बैठक में किसान ऋणमाफी योजना और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की जायेगी

इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया